पटना सहित प्रदेश के जलजमाव वाले क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप बढ़ा

पटना जीपीओ से करोड़ों रुपय की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई ने पांच कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है प्राथमिकी में अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है सीबीआई ने अभियुक्तों के खिलाफ फजीवाड़ा जालसाजी और साजिश के साथ साथ राशि गबन करने के आरोप भी लगाये हैं विभागीय जांच में दो करोड़ रुपये से अधिक अवैध निकासी की पुष्टि हुई है इसी आधार पर मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल एमईहक ने सीबीआई को पत्र लिखकर मामले की जांच का अनुरोध किया था पटना वैशाली भागलपुर मुंगेर नालंदा गया और औरंगाबाद समेत प्रदेश के कई हिस्सों में डेंगू और चिकुनगुनिया के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है डेंगू का प्रकोप सबसे अधिक पटना में देखा जा रहा है पीएमसीएच में आज एक सौ बीस मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है चिकुनगुनिया के भी कई नये मरीज मिले हैं राजधानी के विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में अब तक बारह सौ से अधिक मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है इधर डेंगू की जांच के लिए पीएमसीएच और एनएमसीएच में निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है

पीएमसीएच के डेंगू स्पेशल वार्ड में पचास अतिरिक्त बेड लगाये गये हैं मूंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सदर अस्पताल सहित स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी डेंगू जांच की व्यवस्था की गयी है पटना नगर निगम ने जलजमाव प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी और लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच छह छह चार चार पर और मोबाइल नम्बर नौ दो छह चार चार सात चार चार नौ पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं इसके अलावा टेलीफोन नम्बर शून्य छह एक दो दो दो तीन शून्य शून्य नौ पर भी लोग संपर्क कर सकते हैं यह फोन नम्बर सुबह छह बजे से रात बारह बजे तक काम करेगा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में हुए भीषण जलजमाव की जांच के लिए नगर विकास और आवास विभाग द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति के संबंध में आ रही खबरों को पूरी तरह निराधार बताया है श्री मोदी ने कहा है कि मीडिया में आ रही यह खबर भ्रामक है इधर नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने भी कहा है कि ऐसी किसी कमिटी का गठन नहीं किया गया है हालांकि कल नगर विकास और आवास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद एक विभागीय आदेश जारी किया गया था जिसमें तीन सदस्यों वाली एक कमिटी के गठन की बात कही गयी थी इसमें नगर विकास और आवास विभाग के विशेष सचिव के साथ साथ बूडको के प्रबंध निदेशक और पटना नगर निगम के आयुक्त शामिल थे आदेश के अनुसार इस जांच दल को सात दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था नगर विकास और विभाग आवास द्वारा पटना में भीषण जलजमाव की जांच के संबंध में समिति के गठन से जुड़ी खबरों को सरकार द्वारा खारिज किये जाने के बाद विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि विभागीय मंत्री के आदेश को उपमूख्यमंत्री द्वारा खारिज किया जाना पूरी तरह असंवैधानिक है उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मामले पर लीपापोती कर रही है इधर कांग्रेस और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी जलजमाव की जांच के संबंध में गठित कमिटी के आदेश से पीछे हटने पर सरकार की आलोचना की है जहानाबाद में दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प और अगजनी की घटना के बाद आज दूसरे दिन भी शहर में निषेधाज्ञा लागू है एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है पटना से पुलिस बलों की कई टीमें जहानाबाद भेजी गयी हैं वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाये हुए हैं गया जिले के इमामगंज प्रखंड के सुहैल सलैया थाना की पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने आज हमला कर दिया जिसमें थानाध्यक्ष सहित तीन पुलिसकर्मी घायल हो गये बताया जाता है कि पुलिस की एक टीम वारंटियों को गिरफ्तार करने के लिए सलैया बाजार गयी थी रोहतास जिले के डालमियानगर में रेल वैगन मरम्मत कारखाना के निर्माण का काम साल दो हजार इक्कीस तक पूरा कर लिया जायेगा पूर्व मध्य रेलवे के उप महाप्रबंधक अरूण कुमार शर्मा ने ये जानकारी दी है उन्होंने कहा कि प्रस्तावित रेल वैगन मरम्मत कारखाना के लिए कई कंपनियों ने निविदाएं भरी हैं जिसकी जांच की जा रही है कृतज्ञ राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी और सम्पूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जय प्रकाश नारायण की एक सौ सत्रहवीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टवीट कर लोकनायक को श्रद्धांजलि अर्पित की है श्री मोदी ने कहा कि देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जय प्रकाश नारायण का अमूल्य योगदान रहा पटना में आयोजित मूख्य राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और अन्य गणमान्य नेताओं ने जे पी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी जे पी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि जय प्रकाश नारायण की जयंती पर समारोहों का आयोजन कर उन्हें याद किया जा रहा है जे पी की जन्म स्थली सारण जिले के सिताबदियारा गांव में भी समारोह पूर्वक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गयी लोकनायक उन्नीस सौ चौहत्तर में सम्पूर्ण क्रांति का नारा दिया था और तत्कालीन केन्द्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरूआत की थी आंदोलन के बाद सरकार को आपातकाल वापस लेना पड़ा था उन्हें उन्नीस सौ निन्यानवें में मरणोपरांत सार्वजनिक सेवा के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश में अब तक एक हजार तीन सौ अठारह करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है आज पटना में योजना की समीक्षा बैठक के बाद श्री मोदी ने बताया कि राज्य के चौंसठ लाख इकतीस हजार किसानों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है जिसमें चौंतीस लाख इकतालीस हजार को पहली किस्त छब्बीस लाख को दूसरी और साढ़े पांच लाख किसानों को तीसरी किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है उन्होंने बताया कि सात लाख तैंतीस हजार किसानों के ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें कुछ खामियां हैं उन्होंने बताया कि इन आवेदनों में सुधार का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से अररिया के नवनिर्मित केन्द्रीय विद्यालय भवन का उद्घाटन किया

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रदेश में पांच विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर हो रहे उप चुनाव में सभी सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है श्री जायसवाल आज किशनगंज में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मूख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार को एक नया स्वरूप देने का न सिर्फ निर्णय लिया है बल्कि उसे मूर्तरूप देना भी शुरू कर दिया है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष की मध्यमा परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है परीक्षा में तिरानवे प्रतिशत छात्रों को सफलता मिली है उत्तीर्ण विद्यार्थियों में चौरानवे प्रतिशत छात्र और तिरानवे प्रतिशत छात्राएं हैं परिणाम बोर्ड की वेबसाइट बी एस एस बी पी ए टी डॉट कॉम पर उपलब्ध है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क द्वघर्टनाओं में छह लोगों की मौत हो गयी जबकि छह अन्य घायल हो गये पश्चिम चंपारण और नालंदा में दो दो और कैमूर तथा बक्सर में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत जमुनापुर धिरौली में नदी पार करने के क्रम में मगरमच्छ के हमले में एक यूवक की मौत हो गयी पूर्णियां जिले के लक्ष्मीपुर भीत्ता से पुलिस ने कुख्यात अपराधी विनोद यादव को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है

पटना सहित प्रदेश के जलजमाव वाले क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप बढ़ा